प्रदेश में सोलह लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राज्य को जलजमाव और बाढ़ के संकट से निपटने के लिए हरसंभव मदद दी जायेगी श्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत कर बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राहत एजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं पूरे प्रदेश में बारिश और बाढ़ से सोलह लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं पटना भोजपुर भागलपुर नवादा नालंदा खगड़िया लखीसराय बेगूसराय वैशाली बक्सर कटिहार जहानाबाद अरवल और दरभंगा जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं अब तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पैंतालीस लोगों की मौत की खबर है वज्रपात से तेरह लोगों की मौत हुई है भागलपुर में सर्वाधिक दस लोगों की मौत हुई जबकि पटना में चार लोगों की मौत हुई है राज्य के अठारह जिलों के पंचानवे प्रखंड और छह सौ चौसठ पंचायतों में पानी फैला हुआ है राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ के दो सौ पच्चीस और एसडीआरएफ के इक्यासी जवानों को लगाया गया है पटना में जिला प्रशासन ने जलजमाव से प्रभावित सैंतीस हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पहुंचाया है राजधानी पटना के कई इलाकों में पिछले तीन दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप है इन इलाकों में ऐहतियात के तौर पर विद्युत आपूर्ति बंद की गयी है ताकि जान माल की रक्षा हो सके पटना के राजेन्द्र नगर स्थित विद्युत सब स्टेशनों से पानी निकालने का कार्य लगातार चल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से जल जमाव वाले क्षेत्रों से युद्धस्तर पर पानी निकालने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है राजधानी पटना में जल जमाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है पिछले चार दिनों से लगातार हई भारी बारिश के बाद जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है

राजेन्द्र नगर के कई इलाकों में अभी भी पांच से छह फुट पानी जमा हुआ है इन इलाकों में पिछले चार दिनों से जल जमाव के कारण महामारी की आशंका भी जतायी जा रही है लोगों को पेयजल और खाने पीने की वस्तुओं का संकट हो गया है बड़ी संख्या में लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना पड़ रहा है हालांकि पिछले चौबीस घंटों से बारिश नहीं होने से लोगों को मामूली राहत मिली है केन्द्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है पानी निकासी के लिए कोल इंडिया से तीन हैवी सम्प पंप मंगवाया गया है ये पंप वायु सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से पटना आयेंगे राहत और बचाव कार्यो के लिए इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान नावों की मदद से लोगों के बीच खाद्य सामग्री और पेयजल पहुंचा रहे हैं भारतीय वायु सेना के दो हेलीकाप्टरों के जरिए पटना के राजेन्द्रनगर कंकड़बाग सहित अन्य प्रभावित इलाकों में फूड पैकेट्स और अन्य राहत सामग्रियां गिरायी जा रही है मौसम विभाग ने कहा है कि पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना नहीं है विभाग के अनुसार बारिश का बना मजबूत सिस्टम बंगाल की ओर बढ़ गया है हालांकि विभाग ने प्रदेश के छह जिलों अररिया किशनगंज पूर्णिया कटिहार भागलपूर और बांका में आज भी भारी बारिश का पूर्वान्मान जताते हुए अलर्ट जारी किया है पटना जंक्शन पर रेल पटरी पर जमे पानी के निकलने के बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो गयी है रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि परिवर्तित मार्ग से चलायी जा रही ट्रेनों को भी सामान्य मार्ग से परिचालन बहाल कर दिया गया है भारी बारिश के बाद पटना सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में सोन और पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर से गंगा नदी पर दबाव काफी बढ़ गया है अधिकांश नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है केन्द्रीय जल आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर पटना में दीघा घाट गांधी घाट के साथ साथ भागलपुर और कहलागांव में बढ़ा है वहीं सोन नदी भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है प्नप्न नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पुनपुन नदी प्रति घंटे दो सेंटी मीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है जिससे नये क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर गया है प्रनपुन प्रखंड के लखनपाड़ लखना पूर्वी और पश्चिमी पंचायत का फहिमचक सबलपुर हरेचक घौड़दौड़ तेतरी मोहनपुर जोगापुर सहित कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया है इधर फुलवारीशरीफ के कई इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया है जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि गंगा नदी माार्ग पर स्थित फरक्का बराज से अठारह लाख घनसेक पानी निकल रहा है उधर नेपाल के साथ साथ उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में लगातार हुई बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है मुजफ्फरपुर में बागमती खतरे के निशान से ऊपर है गंडक के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से चंपारण के बाढ़ प्रभावित कई प्रखंडों पर दबाव बना हुआ है लगातार बारिश से कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है भागलपुर के सबौर में राष्ट्रीय राजमार्ग अस्सी के ऊपर डेढ़ फीट पानी बह रहा है सुल्तानगंज नवगछिया और अकबर नगर में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है कहलगांव और पीरपैती के दियारा इलाके में पानी बढ़ने से हजार लोग प्रभावित हैं वहीं कोसी के सहरसा सुपौल और मधेपुरा में बारिश के बाद जनजीवन अस्स व्यस्त हो गया है राज्य में विधानसभा की पांच और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज नामांकनों पत्रों की जांच की जायेगी समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए ग्यारह जबकि पांच विधान सीटों बेलहर दरौंदा किशनगंज सिमरी बख्तियारपुर और नाथनगर के लिए तिरपन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किये सबसे अधिक अठारह प्रत्याशियों ने नाथनगर विधानसभा सीट के लिए पर्चे दाखिल किये हैं तीन अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं मतदान इक्कीस अक्टूबर को होगा आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस मौके पर राज्यपाल फागु चौहान ने कहा है कि भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में माता पिता और वृद्वजन का समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है वृद्धजन के अनुभव और ज्ञान समाज के लिए सदैव सद्पयोग और प्ररेणादायी रहे हैं शारदीय नवरात्र के आज तीसरे दिन मां दूर्गा के तीसरे स्वरूप चन्द्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है भीषण जल जमाव से जूझ रहे दुर्गा पूजा पंडालों में दुर्गा सप्तसती का पाठ किया जा रहा है सुबह से ही घरों मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी के गीत और श्लोक गूंजने लगे हैं आज के सभी समाचार पत्रों ने पटना में जल जमाव और नदियों के बढ़ते जलस्तर से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है द्रश्वारियां बरकरार बारिश थमी लेकिन भीषण जलजामव से स्थिति भयावाह दो हेलीकॉप्टर पटना में राहत कार्य में लगे दैनिक जागरण ने लिखा है बाढ़ में घिरे सोलह लाख लोग पटना में बारह हजार निकले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाव कार्य किया तेज सैंकड़ों घर अब भी पानी में डूबने और वज्रपात से तेरह लोगों की मौत प्रभात खबर का शीर्षक है बारिश थमी बाढ़ का खतरा दैनिक भास्कर लिखता है मॉनसून पड़ा कमजोर तीन दिनों के बाद बारिश से मिली राहत

प्रदेश में सोलह लाख से अधिक बाढ़ से प्रभावित